सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है इसके मुताबिक अब स्कूली बच्चों के अलावा शिक्षक और गैर शिक्षक स्टॉफ को भी छुट्टी रहेगी केवल वही अध्यापक शिक्षण संस्थान आएंगे जिनकी परीक्षा डयूटी लगी है

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कोरोना की स्थिति को लेकर भी बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्तुति दी इसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति व वैक्सीनेशन जानकारी दी गई प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर भी मंत्रिमण्डल में चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सभी विभागों को साथ एक बैठक होगी जिसमें सूखे से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी

इसके अलावा मंत्रिमण्डल की बैठक में जनहित से जुड़े कई अन्य निर्णय भी लिए गए हिमाचल दिवस हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मण्डी जिले के पधर में आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे हिमाचल दिवस की तैयारियों के संबंध में मण्डी में आज उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई उन्होंने बताया कि राज्यस्तरीय समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा और समारोह स्थल पर जिला रैडकॉस सोसायटी के स्वयंसेवी लोगों को सही तरीके से मास्क पहनने को लेकर जागरूक करने के साथ उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाने की व्यवस्था भी देखेंगे इसके अलावा समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर रहेगा और जगह जगह सैनिटाइज़र की भी पर्याप्त व्यवस्था होगी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर नगर निगमों में नवनिर्वाचित पार्षदों के जोड़ तोड़ का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि भाजपा नवनिर्वाचित पार्षदों पर दबाव बना रही है और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है राठौर ने कहा कि नगर निगम चुनावों में भाजपा की हार हुई है और इसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किरण धांटा ने नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर को बधाई दी है योगासन राज्य योगासन संघ ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से योगासन को विश्वविद्यालय स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की मांग की है संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शिमला में राज्यपाल से भेंट कर ये आग्रह किया संघ के महासचिव विनोद योगाचार्य ने कहा कि योगासन को स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने से एक ओर जहां विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बेहतर होगा वहीं उन्हें नशे से भी बचाया जा सकता है राज्यपाल ने संघ द्वारा किए जा रहे कार्यो की सराहना की इस अवसर पर संघ के प्रदेश योगासन संघ के अध्यक्ष प्रोफैसर जीडी शर्मा के अलावा अजय श्रीवास्तव और पीके आहलूवालिया व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे

प्रभावितों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर परियोजना प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया प्रभावितों ने कहा कि लाडा के तहत उनके खाते में एक प्रतिशत राशि जमा होती है लेकिन पिछले तीन वर्षो से इसका भुगतान नहीं हुआ है